इसे लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीते कल स्वास्थ्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए हैं

टोल फ़ी नंबर प्रदेश में कोरोना वायरस पर नियंत्रण के लिए की गई लॉकडाउन व्यवस्था को शत प्रतिशत सफल बनाने के दृष्टिगत सभी आवश्यक व प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश के सभी जिलों में स्थापित आपदा नियंत्रण कक्षों का टोल फी नंबर एक शून्य सात सात है और इस नंबर पर किसी भी मोबाइल या लैंड लाईन नंबर से चौब्बीसों घंटे संपर्क किया जा सकता है मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने लोगों की सहायता के लिए भोजन और आश्रय सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं ताकि कफ्यू के दौरान किसी को भी कोई दिक्कत पेश न आए जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्यों के विभिन्न क्षेत्रों से टोल फ्री नंबर पर कॉल्ज़ आ रही हैं जिनपर त्वरित कार्रवाई की जा रही है उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से आवश्यक वस्तुओं की निर्बाद्व आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है और बाजार में पर्याप्त मात्रा में सब्जियां और फल उपलब्ध हैं

सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गावों का दौरा किया और कोरोना वायरस से बचाव के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की उन्होंने खंड विकास अधिकारी को रैत क्षेत्र के गावों में सैनिटाइजेशन करने के निर्देश दिए

सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है साथ ही आवश्यक वस्तुओं और दवाईयों की खरीददारी करते समय धैर्य रखने और शांत रहने की भी सलाह दी स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि लोगों को अपनी आंख नाक और मुंह को छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले

अमर उजाला की सुर्खी है तब्लीगी जमात से लौटे हिमाचल के ऊना में मिले तीन कोरोना पॉजिटिव सभी को टांडा किया रेफर पंजाब केसरी का शीर्षक है जमात में शामिल हुए हिमाचल के तीन लोग कोरोना पॉजीटिव ऊना में रूके थे मंडी जिला के तीनों जमाती उपचार के लिए टांडा भेजा गया दैनिक भास्कर लिखता है दिल्ली मरकज से लौटे तीन लोग पॉजिटिव आने के बाद ऊना में कर्फ्यू लगाया गया दैनिक जागरण के शब्द हैं तीन नए केस ऊना बंद हिमाचल से मरकज में गए तीन तब्लीगी कोरोना पॉजिटिव दिव्य हिमाचल के अनुसार ऊना में तीन जमाती कोरोना पॉजिटिव मस्जिद के आसपास तीन किलोमीटर का एरिया सील आपका फैसला के मुताबिक हिमाचल में भी पांव पसारने लगा कोरोना निजामुदीन मरकज से लौटे तीन लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव दैनिक सवेरा टाइम्स का कहना है घुमारवीं मुस्लिम बस्ती के तीन परिवारों को क्वारंटाइन किया सामाजिक व धार्मिक सभाओं पर पूरी तरह पाबंदी लगाने के निर्देश शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है प्रधानमंत्री का कोरोना वायरस की स्थिति को लेकर मुख्यमंत्री से संवाद इसी खबर पर दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सामाजिक धार्मिक सभाओं पर पूरी तरह से रोक अमर उजाला के अनुसार कोरोना वायरस से निपटने को लेकर प्रदेश कैबिनेट की आपात बैठक आज दैनिक जागरण की एक खबर है अब मस्जिदों में नहीं पढ़ पाएंगे नमाज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

नमस्कार